राज्य सरकार ने लॉकडाउन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दे दिया है इसके बाद दुर्ग जिले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने छह से चौदह अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का निर्णय लिया है लॉकडाउन के लिए कलेक्टर द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिये मिल पाएगा पेट्रोल पम्पों से सिर्फ शासकीय वाहन एंबुलेंस मीडियाकर्मियों और एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा बैंक और पोस्ट ऑफिस सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे तक ही संचालित हो सकेंगे शादी और अंत्येष्टि के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी घर घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता सुबह छह से सात बजे तक और शाम को भी छह से सात बजे के बीच अपना काम कर पाएंगे न्यूज पेपर हॉकर भी सुबह छह से आठ बजे के बीच ही अखबार बांट पाएंगे इन प्रतिबंधों से पेट्रोल पम्पों दवा दुकानों रसोई गैस एजेंसी और चश्मा दुकानों को छूट रहेगी

इस दौरान सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुली रखने की अनुमति रहेगी दोपहर दो बजे के बाद संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा

छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में दो हजार तीन सौ अटहत्तर केन्द्रों में दो लाख चौंतीस हजार से अधिक पात्र लोगों को कोरोना टीका लगाया गया इनमें पैंतालीस वर्ष से अधिक उम्र वाले करीब दो लाख पच्चीस हजार लोग शामिल हैं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए पात्र लोगों में उत्साह देखा जा रहा है टीकाकरण के मामले में महासमुंद जिला प्रदेशभर में पहले स्थान पर आ चुका है बीते एक महीने के दौरान जिले में कोरोना टीकाकरण का संतावन फीसदी लक्ष्य हासिल कर लिया गया है जिले में अब तक एक लाख सोलह हजार से अधिक पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है कलेक्टर डोमन सिंह ने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगवाने की अपील की है इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को टीकाकरण केन्द्र बनाया गया है इन केन्द्रो में निर्धारित समय सीमा में पात्र लोगों की कतारें देखी जा रही हैं उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी टीकाकरण केन्द्रों में टीका लगवाने के लिए लोग उत्साह दिखा रहे हैं कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार पंद्रह केन्द्रों में करीब इक्कीस सौ लोगों ने टीका लगवाया

उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए सभी उपाय करने के साथ टीकाकरण को जनआंदोलन का रूप दिया जाए जिससे अधिक से अधिक लोग टीकाकरण के लिए प्रेरित हों श्री जैन ने टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता लाने अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार करने को भी कहा इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर पत्रकारों को भी कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स मानकर टीकाकरण में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट और वेब मीडिया के पत्रकारों ने कोरोना की रोकथाम जांच और टीकाकरण की खबरों को प्रचारित और प्रसारित कर जनहित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है ऐसी स्थिति में पत्रकार और उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व बढ़ जाता है कोविड टीकाकरण केन्द्र देश में कोविड टीकाकरण के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केन्द्र सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केंदों को इस महीने सप्ताह के सभी दिन खुला रखने का फैसला किया है केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे कहा है कि वे इन केंद्रों को पूरे महीने सप्ताह के सातों दिन खुला रखें ये केंद्र राजपत्रित अवकाश पर भी खुले रखे जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण की सुविधा का लाभ उठा सकें देश में टीकाकरण के कार्य की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा की जा रही है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं

कल प्रदेश में चार हजार छह सौ से अधिक नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक करीब तीन लाख चौव्वन हजार कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहीं कल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पच्चीस लोगों की मृत्यु भी हुई है कोरोना संक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव रायपुर और दुर्ग जिले में देखा जा रहा है रायपुर में कल तेरह सौ सत्ताईस और दुर्ग में नौ सौ छियानवे कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले इस बीच रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पांच शासकीय भवनों का अधिग्रहण कर लिया है ये भवन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य और आयुष विश्वविद्यालय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट फुंडहर स्थित वर्किंग वुमन हॉस्टल गुढ़ियारी स्थित प्रयास महिला छात्रावास और सड्दू स्थित प्रयास बालक छात्रावास इन भवनों को आगामी आदेश तक कोविड केयर सेंटर और आइसोलेशन केन्द्र के रूप में उपयोग किया जाएगा कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में प्रशासन द्वारा सख्ती भी दिखाई जा रही है सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क पहने घूमने वाले लोगों पर पांच सौ रूपये का जुर्माना लगाया जा रहा है हाथी विचरण महासमुंद जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीन सौ तिरपन से लगे खल्लारी के पास दो दंतैल हाथियों को विचरण करते देखा गया है इसके बाद वन विभाग ने मुनादी कराकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है वहीं धमतरी जिले के दुगली गांव में हाथियों ने कई किसानों के धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है हाथियों के विचरण को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों को आसपास के जंगलों की ओर नहीं जाने की सलाह दी है गुड फ्राइडे आज गुड फ्राइडे है इस दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था ईसा मसीह ने मानवता के कष्ट दूर करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न गिरजाघरों में कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षो और बलिदानों की याद दिलाता है उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था मौसम प्रदेश में उत्तर से हवाएं आ रही हैं जिसके कारण राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले तीन दिनों तक कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीन दिनों के बाद अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि होने के आसार हैं इस दौरान मौसम शुष्क और आकाश साफ रहने की संभावना है

इस पटवारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है